कल अमित शाह मनावर और अलीराजपुर में करेंगे प्रचार

चुनाव प्रचार लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिये चुनाव प्रचार जोरों पर है

वहीं दोपहर एक बजे रतलाम झाबुआ लोकसभा क्षेत्र के अलीराजपुर में सभा को संबोधित करेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रोपाणी आज उज्जैन में प्रचार करेंगे

श्री मोदी ने कहा कि सरकार जल संकट हल करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय बनाएगी वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रतलाम में चुनावी रैली को सम्बोधित करते हुए नोटबंदी के मुद्दे पर केन्द्र सरकार की कड़ी आलोचना की और आरोप लगाया कि इससे बड़ी संख्यां में लोग बेरोजगार हुए उन्होंने प्रधानमंत्री किसान योजना को किसान अपमान योजना बताया और दावा किया कि कांग्रेस की न्याय योजना किसान योजना से बेहतर है कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि उनके पांच वर्षो के कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ केवल अभियान ही चलाया गया कल देर शाम श्रीमती वाड्रा ने इन्दौर में रोड शो भी किया इस दौरान उनके साथ वाहन पर मुख्यमंत्री कमलनाथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और इन्दौर से कांग्रेस प्रत्याशी पंकज संघवी मौजूद थे रोड शो के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया कि देश में पिछले पांच वर्षो में पांच करोड़ रोजगार घट गये हैं चुनाव आयोग कार्यवाही निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य शासन ने शहडोल कलेक्टर ललित कुमार दाहिमा और छिंदवाड़ा कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा को हटा दिया है इनकी जगह शहडोल में शेखर वर्मा और छिंदवाड़ा में भरत यादव को कलेक्टर बनाया गया है दोनों अधिकारियों को मंत्रालय में पदस्थापना दी गई है गौरतलब है कि शहडोल और छिंदवाड़ा लोकसभा में मतदान होने से पहले आचार संहिता से जुड़े मामले सामने आए थे शहडोल में मंत्री ओमकार सिंह मरकाम आचार संहिता के दौरान कलेक्टोरेट पहुंचे थे और कथित तौर पर कलेक्टर ललित कुमार दाहिमा से मुलाकात की थी हालांकि श्री मरकाम ने किसी भी बैठक में हिस्सा लेने से इनकार करते हुए चुनाव आयोग को भेजे अपने जवाब में कहा था कि वे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की प्रस्तावित आमसभा की अनुमतियों को लेकर कलेक्टोरेट गए थे भाजपा ने इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से की थी जिसकी जांच अनूपपुर कलेक्टर और शहडोल कमिश्नर से जांच कराई गई थी उधर छिंदवाड़ा में बताया जा रहा है कि कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा पर हेलिकॉप्टर की उड़ान से जुड़ी अनुमति का विवाद भारी पड़ गया पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से छिंदवाड़ा में रोड शो करने के लिए पहुंचने पर पांच बजे के बाद हेलिकॉप्टर की उड़ान की अनुमति मांगी थी जो नहीं दी गई इस मामले की श्री चौहान ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव से की थी

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉसुदाम खाडे ने इनकी निगरानी के लिए राजपत्रित अधिकारी तहसीलदार और सीएसपी को तैनात किया है जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया है कि रिटर्निंग आफिसर्स स्ट्रांग रूम केम्पस की केवल आंतरिक परिधि तक प्रतिदिन सुबह और शाम को लॉगबुक एवं वीडियोग्राफी चैक करेंगे और इसकी रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपेंगे उधर शिवपुरी में भी जिले की पांच विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए बनाये स्ट्रॉग रूम के निगरानी के लिए राजपत्रित अधिकारी को नियुक्त किया गया है रिजल्ट माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित हाईस्कूल और हायरसेकेण्डरी परीक्षा का परिणाम कल घोषित किया जायेगा यह परिणाम मुख्य सचिव एसआर मोहन्ती सुबह ग्यारह बजे भोपाल स्थित मॉडल स्कूल में घोषित करेंगे मण्डल सचिव अजय गंगवार ने बताया कि इस वर्ष साढ़े अठारह लाख से अधिक विद्यार्थी इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे

न्यायाधीश न्यायमूर्ति अकील क्रैशी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के नये मुख्य न्यायाधीश होंगे उच्चतम न्यायालय के कॉलिजियम ने उनके नाम की सिफारिश की है प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश एसके सेठ का स्थान लेंगे न्यायमूर्ति कुरैशी गुजरात उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उनका पिछले साल नवंबर में बाम्बे उच्च न्यायालय में तबादला किया गया था कॉलिजियम ने दो अधिवक्ता विशाल धगट और विशाल मिश्रा को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश भी की है समर कैम्प भोपाल स्थित राजभवन में आयोजित किये गये समर कैम्प में कल स्कूली बच्चों का सम्पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण किया गया कैम्प में कमला नेहरू शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शामा शाला कुम्हारपुरा प्राथमिक शाला रोशनपुरा और राजभवन कर्मियों के बच्चे उपस्थित थे कैम्प में एम्स के चिकित्सकों ने बच्चों का नेत्र परीक्षण किया नेत्र संबंधी विकार के उपचार के लिए बच्चों को व्यायाम आदि का परामर्श दिया गया

मौसम प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश और धूल भरी आंधी चलने से तापमान में गिरावट आई है पिछले चौबीस घण्टों के दौरान सागर ग्वालियर उज्जैन इंदौर होशंगाबाद और भोपाल संभाग के कई जिलों में हल्की बारिश हुई वहीं शेष संभागों में मौसम शुष्क रहा प्रदेश में सर्वाधिक तापमान तैतालीस डिग्री सेल्सियस खजुराहो दमोह और खरगौन में दर्ज किया गया भोपाल में कल शाम तेज हवायें चलने से कई जगह पेड़ गिर गये वहीं रायसेन में तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई मौसम विभाग ने सागर ग्वालियर चम्बल संभागों में और नीमच मंदसौर इन्दौर आगरमालवा रायसेन विदिशा सीहोर रीवा सतना उमरिया कटनी जबलपुर सिवनी छिन्दवाड़ा अनूपपुर डिण्डोरी और बड़वानी जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवायें चलने की संभावना जताई है मौसम का मिजाज बदलने से जहां लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है वहीं गेहूं खरीदी केन्द्रों पर गेहूं के भीगने की आशंका भी बढ़ गई है